श्री गहलोत ने यह निर्देश कल टिड्डी प्रणावित जिलों के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए उन्होंने कहा कि समी कलेक्टर टिड्डी आक्रमण पर लगातार प्रभावी निगरानी रखें और किसानों से सम्पर्क रखकर नुकसान होने की स्थिति में जल्द से जल्द उन्हें मुकाबजा दिलवाएं मुख्यमंत्री ने जैसलमेर बाड़मेर जालोर जोषपुर बीकानेर पाली श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिला कलक्टरों से उनके जिलों में टिड्डी नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों वर्तमान स्थिति गिरदावरी रिपोर्ट और फसलों के खराबे के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी भी ली

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कल जोघपुर के टिड्डी प्रमावित क्षेत्रों में नुकसान का जायजा लिया उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने किसानों को राहत देने की घोषणा की है

इससे टिड्डी नियंत्रण कार्य को गति मिलेगी राष्ट्र आज स्वामी विवेकानन्द की जयन्ती मना रहा है स्वामी विवेकानन्द की जयन्ती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है देश के महान आध्यात्मिक गुरूओं में से एक विवेकान्द ने वेदान्त और योग के भारतीय दर्शन से विश्व को अवगत करवाया प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने में विवेकानन्द के योगदान के लिए उनका स्मरण किया है उन्होंने कहा कि स्वामीजी की शिक्षा आज भी प्रासंगिक है राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी स्वामी विवेकानन्द जयन्ती और राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रदेशवासियों को शुमकामनाए दी है यूवा दिवस के सिलसिले में देश और प्रदेश में विमिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है

बीकानेर जिले को प्लास्टिक वेस्ट के बेहतर निस्तारण के क्षेत्र में किए गए नवाचारों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा जलशक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्कच्छता किमाग द्वारा नई दिल्ली में आज आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में जिले को ये पुरस्कार दिया जायेगा गौरतलब है कि बीकानेर जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए नवाचार के रूप में बर्डे स्तर पर अभियान चलाया गया था इस दौरान लोगों को इस बारे में जागरूक करने के साथ ही जिले की ग्रम पंचायत को प्लास्टिक वेस्ट से मुक्त करने का काम किया गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व विवानसभा उपाव्यक्त और पूर्व सुचना एवं जनसम्पर्क मंत्री देवेन्द्र सिंह के निघन पर शोक व्यक्त किया है श्री गहलोत ने अपने संवेदना संदेश में कहा कि राजस्थान विघानसभा के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्रिमंडल में विमिन्न पदों पर रहते हुए श्री सिंह द्वारा दी गई सेवाओं को सदैव याद रखा जाएगा चायनीज मांझे की रोकथाम के लिए जयपुर जिला प्रशासन ने सघन अभियान चलाया है

जिला कलक्टर डॉजोगाराम ने बताया कि मकर संक्रान्ति के अवसर को देखते हुए चाइनीज और खतरनाक मांझे की पूरी तरह से रोकथाम के लिए सभी सम्मावित बिक्री स्थलों पर औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए है जयपुर में पुलिस ने दो क्विंटल से अधिक गांजे के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है पुलिस आयुक्त आंनद श्रीवास्तव ने बताया कि आपरेशन क्लीन स्वीप के तहत पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्करों के विरूद्व यह कार्रवाई की है

सवाईमाघोपुर जिले के चौथ का बरवास्न में माघ चतुर्थी के अवसर पर लगने वाला मेला आज से ग्रुरू हुआ मेले में आने वाले श्रद्वालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने विशेष इन्तजाम किए है